लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ आज लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कोविड अस्पताल में बेड की संख्या एक सौ से कम न हो उन्होंने कोरोना वायरस से लडाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए इस बीच मुख्यमंत्री श्री योगी ने आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयर्विज्ञान संस्थान का ओचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपचार के लिए आए लोगों से बात की और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को भी अपने जनपदों में कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर रही है उन्होंने कहा कि क्वारंटीन केंद्रों में रूके समी प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करते हुए उनका मोबाइल नंबर बैंक खाता संख्या और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज किया जाए जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिल सके प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से लौटे लगभग पन्द्रह लाख प्रवासी कामगारों के कौशल स्तर का डेटाबेस तैयार कर लिया है इससे राज्य सरकार को इन कामगारों को पास की ही किसी जगह पर काम दिलाने में मदद मिलेगी राज्य सरकार ने प्रवासी आयोग का गठन भी किया है जो कामगारों के लिए रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा प्रवासी आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के बाद ही किसी राज्य को उत्तर प्रदेश के मजदूरों और कामगारों की सेवा दी जाए

श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि श्री गांधी झठ फैलाकर राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने पहले कहा था कि लॉकडाउन कोविड नाइन्टीन का समाधान नहीं है लेकिन इसके विपरीत पंजाब और राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया

श्री प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने के लिए अत्यधिक सक्रिय रहे हैं और वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था श्री प्रसाद ने कहा कि श्री गांधी ने एनडीए सरकार पर ज्ञठा आरोप भी लगाया था कि श्रमिक विशेष रेलगाडियों में मजदूरों से किराया वसला जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार ने कई बार स्पष्ट किया है कि मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा रेल मंत्रालय पचासी प्रतिशत और राज्य पन्द्रह प्रतिशत किराए का भुगतान कर रहे हैं उन्हॉने कहा कि लॉकडाउन के जरिए प्रधानमंत्री ने देश को एकजुट किया और इसका परिणाम यह हआ कि कोरोना वायरस से अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में कम लोगों की मुत्य हई कोरोना की कोई दवा नहीं दुआ है और लॉकबाउन है तो लॉकबाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है जो देश को नेतृत्व दिया है वो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है उसका ये फायदा है केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री राम विलास पासवान ने आज राज्यों से आग्रह किया कि राशन की दुकानों और खासतौर से क्वारंटीन केंद्रों में वितरित किए जा रहे अनाज की गृणवत्ता पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए खराब गृणवत्ता के अनाज के वितरण की खबरों के मद्देनजर श्री पासवान का यह बयान आया है उन्होंने ट्वीटर पर कहा कि केंद्र भारतीय खाद्य निगम के जरिए राज्यों को ऐसा अनाज भेजता है जिसके ग्णवत्ता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाता आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है श्रोता स्ट्डियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पृछ सकते हैं हमारा नम्बर है शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार हमारा टोल फ्री नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छ सात विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंक्श लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियां दूर करने का प्रयास करते हैं गृह मंत्रालय ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि उसने समी राज्यों को स्कल खोलने की अनुमति दे दी है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है मंत्रालय ने कहा है कि समूचे देश में शिक्षा संस्थानों को खोलने पर रोक जारी है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की आज पृण्यतिथि है वर्ष उन्नीस सौ चौसठ में सत्ताईस मई को उनका निधन हआ था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्वाजलि अर्पित की है